आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे इस मौके पर उन्होंने गुरूग्राम के प्रदीप सांगवान के हीलिंग हिमालयाज अभियान का जिक्र करते कहा कि इनकी युवा टीम अब तक हिमालय के अलग अलग ट्यूरिस्ट लोकेशन से टनों प्लास्टिक कचरा साफ कर चुकी है वहीं उन्होंने इस तरह के काम में लगे एक यूवा दंपति और देश के कई क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों का भी जिक्र किया श्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए कहा कि अब सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे उत्पाद विश्वस्तरीय हो इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों और स्टार्टअप्स को आगे आना होगा

प्रधानमंत्री ने कश्मीरी केसर को बढ़ावा देने की बात करते हुए कहा कि इसी साल कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है जिससे इसे विशेष पहचान मिली है श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में इसका निर्यात बढ़ने लगेगा जो आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को मजबूती देगा

श्री मोदी ने वन्यजीवों के संरक्षण में जुटी संस्थाओं और लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भारत में तेंदुओं शेरों और बाघों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है साथ ही वन क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है इसकी वजह सरकार ही नहीं बल्कि बहुत से लोग और कई संस्थाएं है प्रधानमंत्री ने मन की बात में श्री गुरू तेग बहादुर माता गुजरी गुरू गोविन्द सिंह और उनके पुत्रों की शहादत को भी नमन किया कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जनवरी में नये विषयों पर मन की बात होगी

प्रदेश में तेज सर्दी का असर बरकरार है हालांकि कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है